बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है शोक इस बीच राज्यपाल कलराज भिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से भारत और भाजपा दोनों को अपूर्णीय क्षति हुई है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपीनड्डा केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सांसद रामस्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप ने भी उनके निधन पर दुख जताया है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि उनके निधन से भारतीय राजनीति के एक गौरवमयी अध्याय का अंत हआ है भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक और राजनेता खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि विदेश मंत्री के रूप में दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देश हमेशा याद रखेगा

इस आशय की अधिसुचना विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी कर दी है

हरित विद्यालय ऊना जिले के सलोह से आज राज्य स्तरीय हरित विद्यालय अभियान शुरू हो गया है

इस अभियान के तहत प्रदेश भर के स्कूल परिसरों में आने वाले दिनों में करीब डेढ़ लाख पौधे रोपे जाएंगे इनकी देख रेख का जिम्मा स्कूल का ही होगा ये राज्य स्तरीय अभियान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को समर्पित किया गया है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना और भू जल स्तर में सुधार के लिए प्रयास करना है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर ने पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों से सकारात्मक भूमिका निभाने का आहवान किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे वन महोत्सव वन मंत्री गोबिंद ठाकूर ने शिमला जिले के बलदेया में पौध रोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया उन्होंने लोगों को पौध रोपण व पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत करवाया और जलवायू परिवर्तन के उभरते खतरे से आगाह किया उन्होंने कहा कि सरकार हरित आवरण बढ़ाने को वचनबद्व है और इसके लिए हर वर्ष काफी संख्या में पौध रोपण किया जाता है वन मंत्री ने उमंग संस्था के विशेष बच्चों को भी सम्बोधित किया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है कांगड़ा जिले के टांडा अस्पताल में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढीकरण और अत्याघुनिक स्वास्थ्य उपकरण व मशीनरी लगाने पर बल दिया जा रहा है परमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक प्रदेश के सात हजार छः सौ से अधिक लोगों को चार करोड़ रूपए से अधिक के लाभ दिए गए हैं